विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जिन बातों का हवाला दिया है उनमें कोई सच्चाई नहीं है पाकिस्तान की कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हए मंत्रालय ने अनुरोध किया कि पाकिस्तान अपने फैसले पर फिर विचार करे ताकि राजनयिक संबंध बरकरार रहें विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सरकार और संसद के फैसले जम्मू कश्मीर को विकास के अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्दता पर आधारित हैं संविधान में अस्थायी प्रावधान के कारण राज्य का विकास नहीं हो पा रहा था अब इन उपायों से सामाजिक आर्थिक भेदभाव भी दर हो सकेगा मंत्रालय ने कहा कि भारत के फैसले से जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और राज्य के सभी लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर मिल सकेंगे मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की पहल को पाकिस्तान नकारात्मक ढंग से देखेगा क्योंकि वह सीमापार से आतंकवाद की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने को लिए राज्य के लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करता रहा है

देश का संविधान सर्वोपरि है और रहेगा खतरे की अफवाह के सहारे इस मामले में दखल देने से कुछ हासिल नहीं होगा

यह मृद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरन्त सनवाई के लिए सुचीबद्ध करने के लिए रखा गया था लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल ने श्रीनगर में लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है वे कश्मीर घाटी के स्थानीय निवासियों के बीच विश्वास बहाली के लिए मंगलवार को कश्मीर पहंचे थे इस बीच जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों में स्थिति कृल मिलाकर आज चौथे दिन भी शांतिपूर्ण है

जम्मू जिले में प्रशासन ने सवेरे ग्यारह बजे से शाम चार बजे तक प्रतिबंध में ढील दी है पड़ोस के कदुआ जिले में प्रतिबंध पूरी तरह उठा लिया गया है लेकिन जम्मू डिवीजन के राजौरी डोडा और पुंछ जिलों में प्रतिबंध जारी है अगस्त क्रांति दिवस की सतहत्तरवीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है

इसी दिन वर्ष उन्नीस सौ बयालिस में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन खत्म करने का बिगल बजाया था और मंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आहवान किया था कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है मम्बई में आज ही के दिन हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था यह आन्दोलन भारत की आजादी की लड़ाई में एक शक्तिशाली जन आन्दोलन के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी ने राजाओं जागीरदारों जमीदारों और अमीर लोगों समेत समाज के समी वर्गों से इस आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी की शिक्षा और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं उन्होंने लोगों से सकारात्मक रूप से राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अनुरोध किया एम वेंकैया नायड् नई दिल्ली में जानी मानी गांधीवादी डाक्टर शोभना राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तृत गांधी कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस कथा में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए जाने का वर्णन है संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित कई लोग इस अवसर पर उपस्थित थे